एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने जरूरत के समय देश के लिए चौबीस घंटे काम करने वालों को देश का गौरव कहा है उन्होंने कहा कि सरकार गतिशील लघ् और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और उन लोगों को हर संमव सहायता सुनिश्चित कर रही है जिन्हें इसकी आवश्यकता है श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेलवे पर उन्हें गर्व है क्योंकि वह संकट के इस काल में लगातार लोगों की सहायता कर रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इस समय एकजुट होकर कोविड नाइन्टीन से लड़ रहा है और मानवता इस महामारी पर जरूर विजय प्राप्त करेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन पात्र जरूरतमंद व्यक्तियों को एक हजार रूपये के भरण पोषण भत्ते का लाम नहीं मिला है उन्हें जल्द से जल्द चिन्हित किया जाए श्री योगी ने अमियान चलाकर शेष बचे निर्माण श्रमिकों दिहाड़ी मजदूरों और निराश्रित व्यक्तियों को यह मदद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं राज्य में अब तक विभिन्न श्रेणी के तेईस लाख सत्तर हजार श्रमिकों को दो सौ छत्तीस करोड़ अट्ठानबे लाख रूपये की सहायता राशि दी जा चुकी है प्रदेश में सभी माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं बीस अप्रैल से शुरू होंगी शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने घोषणा की कि सभी उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म और व्हाट्सएप समूहों का उपयोग करके कक्षाएं प्रतिदिन सुबह आठ बजे से दोपहर दो बजे तक ऑनलाइन चलेंगी इससे प्रदेश के एक करोड़ अस्सी लाख स्कूली छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा हमारे संवाददाता ने बताया है कि मिशन प्रेरणा के तहत प्रदेश का शिक्षा विभाग दीक्षा ऐप के द्वारा छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने और शिक्षकों की क्षमता बढाने पर कार्य कर रहा है उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा अनुसंघान और प्रशिक्षण परिषद और इसकी लखनऊ स्थित पाठ्य सामप्री तैयार करने वाली इकाई अब तक विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के तीन हजार से ज्यादा वीडियो उपलब्ध करा चुकी है जो क्यू आर कोड के जरिये विद्यार्थियों के लिये उपलब्ध होंगे मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के अंतर्गत कक्षा एवं विषय सम्बंधित संपूर्ण डिजिटल सामग्री अब रेडियो टीवी मोबाईल ऐप व्हाट्सऐप के जरिये बच्चों और उनके अभिभावकों तक पहुंचाई जाएगी प्रदेश के दो सौ सत्तर से ज्यादा विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने भी अपने छात्रों के लिए ऑन लाइन पढ़ाई की सुविधा शुरू की है केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने पूर्णबंदी के दौरान खाद्यान्न और जल्द खराब होनी वाली वस्त्ओं के परिवहन की सुविधा के लिए कल किसान ख मोबाइल ऐप की शुरूआत की यह ऐप कृषि और बागवानी उत्पादों के परिवहन में सुगमता लाने के उद्देश्य से एन आई सी द्वारा तैयार किया गया है अयोध्या के दौरे पर आए लखनऊ जोन के अपर पुलिस महानिदेशक एस एन सावत ने कहा कि कोविड नाइन्टीन से संक्रमण की जानकारी छिपाना अपराध के दायरे में आता है उन्होंने ऐसे लोगों के विरूद्व आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है श्री साबत ने जिले में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के भी निर्देश दिए इस दौरान उन्हॉने जनपद में बनाए गए इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन और आवश्यक सामग्री उपलब्ध करायी जा रही है गोरखपुर में जनपद न्यायाधीश गोविन्द बल्लम शर्मा के नेतृत्व में न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कृष्ठ आश्रम समेत शहर के विभिन्न स्थानों पर निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन वितरित किया जनपद न्यायादीश ने बताया कि भोजन सामग्री बांटे जाने के दौरान लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में भी बताया गया बलिया के जनपद न्यायाधीश गजेंद्र क्मार ने बताया कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने के बाद हाई कोर्ट की ओर से मिले निर्देश के क्रम में सिविल कोर्ट में पंद्रह अप्रैल से दो मई तक के सभी मुकदमों की तिथि को स्थगित कर छब्बीस मई से बारह जून के बीच कर दिया गया है देश में कोविड नाइन्टीन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सामाजिक दूरी बनाए रखने व्यक्तिगत साफ सफाई और समूह में एकत्र न होने का परामर्श जारी किया है सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है लोगों को आवश्यक वस्तुओं की खरीददारी करते समय धैर्य रखने की सलाह दी गयी है आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचने को भी कहा गया है साथ ही लोगों को हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचर्न का परामर्श दिया गया है लोगों से कहा गया है कि वे बाजार मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में एक दूसरे से कम से कम एक मीटर की दूरी बनाये रखें घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचने और मेहमानों को न बुलाने का भी परामर्श दिया गया है लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचने और लगातार हाथ साफ करते रहने को कहा गया है अपने हाथों को दोनों तरफ से कम से कम बीस सेकेण्ड तक साबुन पानी से धोने की भी सलाह दी गयी है खांसी या बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को दूसरों के सम्पर्क में आने से बचने को कहा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए टोल फ्री नम्वर एक शून्य सात पांच जारी किया है प्रदेश सरकार ने भी हेल्पलाइन नम्बर जारी किया है यह नम्बर है एक आठ शुन्य शुन्य एक आठ शुन्य पांच एक चार पांच लोग मुख्यमंत्री हेल्पलाइन एक शुन्य सात छ पर भी फोन कर के कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी या समस्या साझा कर सकते हैं